प्रदेश पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने कहा राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये पुलिस पुरी तरह सक्षम है सीकर जिले का खाटूश्याम जी मेला पूरे परवान पर कल होगा मेले का समापन प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढाव जारी है

श्री मोदी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ माइक्रो ब्लोगिंग साइट पर अपने नाम से पहले श्चौकीदारश जोड़ा है श्री मोदी ने इस ट्वीट में साफतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है जो प्रधानमंत्री का नाम लिये बिना उनकी आलोचना करते रहे हैं

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस श्री मोदी को नहीं हरा सकती इसलिए वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है

कस्टम विभाग ने तलाशी के दौरान दो हजार रूपये के नकली नोटों के रूप में ये भारतीय मुद्रा बरामद की

अलवर इटारणा केन्ट के ब्रिगेडियर आई एम लाम्बा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया दोनो देशों के बीच भाईचारें के बढाने के लिये आयोजित इस रैली में मालदीव और भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इन्हें देश के विभिन्न भागों में भी भेजा जा रहा है

आज बीकानेर में पुलिस के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्षम है श्री गर्ग ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिये अंतर्राज्यीय समन्वय बनाने के प्रयास किये जा रहे है

इसके साथ ही उर्स में भाग लेने आये जायरीन के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया उर्स संम्पन्न होने की ख्शी में आज अजमेर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से चादर पेश की गई

आज श्याम बाबा के नगर भ्रमण का आयोजन किया गया और लवाजमे निकाले गये

गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही है साथ ही पिचकारी रंग गुलाल की दुकानें भी सजना शुरू हो गई है जयपुर के गोविन्द देवजी मंदिर में इन दिनों फागोत्सव की बहार है इसी श्रंखला में आज जैसलमेर में भी रांगोत्सव की श्रूआत हई हमारे संवाददाता ने बताया कि होली के त्यौहार पर कई स्थानों पर गैर नृत्य का भी आयोजन हो रहा है

मूकंप के झटके अलवर दौसा भरतपुर भिवाड़ी डीग सहित कई जगह पर महसूस किए गए मौसम विभाग के अनुसार इस भूकंप का केन्द्र सीकर था मौसम विभाग ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता चार मापी गई सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से ये बताया गया कि भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता इनके विनाशकारी होने पर बचाव राहत और प्नर्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है इसे देखते हुए हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल चेरिश मैथ्सन के नेतृत्व में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर अभ्यास राहत का आयोजन कर आमजन में विश्वास जगाने का संदेश दिया था कि सेना सरहद ही नहीं देश के हर हिस्से में संकट के समय लोगों के साथ है

कई स्थानों पर हल्की ठंड का असर अब भी बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये अभी दो तीन दिन तक रहेगा

उधर बीकानेर जिले में एक स्कूल की वेन पलटने से घायल हुए बच्चों में से दो की मौत हो गई कल इस हादसे में दस बच्चे घायल हो गये थे

ये व्यक्ति पहले भी एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष की सजा काट चुका है